एक ट्वीट में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कपड़े के बने तीन परतों वाले मास्क लगाने और द्सरों को भी इसी तरह के मास्क के लिये प्रेरित करने का आग्रह किया

अप्रैल में स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेहरे और मुंह को ढकने के लिए घर पर बने मास्क के उपयोग के बारे में परामर्श जारी किया था इसमें लोगों से खासतौर पर घर से बाहर निकलते वक्त इस तरह के मास्क पहनने को कहा गया था इसमें घर में सामान्य मास्क बनाने का तरीका बताया गया था और यह भी कहा गया था कि मास्क चेहरे पर फिट बैठना चाहिए इसके और चेहरे के बीच कोई खाली जगह नहीं होना चाहिए सीएम निर्देश मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी मंत्रियों को अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर अधिकारियों के साथ बैठक करके कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों की मॉनीटरिंग करने के लिए कहा है उन्होंने इस संबंध में सभी मंत्रियों को पत्र भेजा है वहीं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में निजी अस्पतालों को भी क्छ शर्तों के साथ अपने यहां भर्ती किसी मरीज के कोरोना पॉजिटिव मिलने पर उपचार की अन्मति दे दी है

इनमें एम्स संस्थान के दो नर्सिंग ऑफिसर भी संक्रमित पाये गए हैं आज पिथौरागढ़ के एक प्राइवेट अस्पताल की स्टाफ नर्स के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद अस्पताल को सील कर दिया गया है

पुलिस कार्रवाई उत्तराखंड प्लिस ने मास्क न पहनने और लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की है अब तक मास्क न पहनने वाले एक लाख से ज्यादा लोगों पर कार्रवाई की गई है

प्लिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था अशोक क्मार ने यह जानकारी दी

बाजार सील नैनीताल जिले के रामनगर में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है म्ख्य बाजार में एक सैलून संचालक के कोरोना पाजिटिव आने के बाद बाजार को सील कर दिया गया है सैलून में आए लोगों की तलाश की जा रही है स्वास्थ्य विभाग मुख्य बाजार में रहने वाले व्यक्तियों की स्कैनिंग करने की तैयारी है नगर के चेयरमैन मो अकरम का कहना है कि नगर को सेनेटाइज किया जा रहा है और कोरोना से बचाव के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं नगर के स्वास्थ्य अधिकारी डॉ प्रशांत कौशिक का कहना है कि सैलून संचालक के कांटेक्ट में आए लोगों की पहचान के लिए थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है गौरतलब है कि नैनीताल ऊधमसिंह नगर और हरिद्वार जिलों में पिछले क्छ दिनों से तेजी से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं प्रशासन कोरोना संक्रमण को रोकने की दिशा में बाजार और सार्वजनिक स्थानों पर सेनेटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है

कोटद्वार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक लेते हुए उन्होंने कोटद्वार क्षेत्र में बाढ़ सुरक्षा संबंधी कार्यो को एक सप्ताह के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि ऐसे स्थानों को चिन्हित करें जहां जलभराव होता है और वहां एक सप्ताह के अन्दर व्यवस्थाएं द्रुस्त की जाएं उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग शहर और भाबर क्षेत्र में सड़कों पर हए गड्ढों को त्रन्त पाट दें गड्ढों से द्र्घटना होने का अंदेशा रहता है उन्होंने जल संस्थान को बरसात के मौसम में स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए गए

इनमें चम्पावत जिले में इस वर्ष स्थापित केंद्रीय विद्यालय भी शामिल है

छोटे शहरों में आईटी क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं मुख्यमंत्री ने गूगल के भारत में निवेश की योजना में उत्तराखंड को शामिल करने का अन्रोध किया है उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्य सरकार हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है उन्होंने मुख्य सचिव उत्पल क्मार सिंह और अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार को इस संबंध में गूगल अल्फाबेट प्रबंधन से समन्वय करने के निर्देश दिये हैं

यहां एंगलिंग कैम्प बासा टू स्थापित किया जा रहा है पहले चरण में दो करोड़ रुपये की लागत से स्थापित हो रहा एंगलिंग कैम्प जिले की पर्यटन गतिविधियों को नए आयाम देगा सतप्ली पूर्वी नयार नदी के किनारे स्थित है यहां से एक किलोमीटर की द्री पर पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार नदी का संगम है नयार घाटी क्षेत्र में दो झीलें भी प्रस्तावित हैं अभी पर्यटक लैंसडाउन तक ही आते है इस डेस्टिनेशन के विकसित होने से पर्यटकों को लैंसडाउन से सतप्ली तक बर्डवाचिंग और वाटर स्पोर्ट्स के अवसर मिलेंगे